बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्र की टीमों ने किया बिलासपुर व चम्बा जिलों का दौरा और संविधान दिवस पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई गयी एकता व अखण्डता की शपथ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही गौ सेवा आयोग का गठन किया जाएगा ताकि गाय की स्वदेशी नस्लों का संवर्धन और विकास तथा प्रदेश में बेसहारा गौ का संरक्षण किया जा सके शिमला में आज गौवंश संवर्द्वन बोर्ड की दूसरी बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार देसी नस्ल की गायों के विकास को प्रोत्साहन दें रही है जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में लाभदायक होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को सभी ज़िलों में गौ अभ्यारण्य क्षेत्र स्थापित करेगी और इसके लिए ज़िलाधीशों को उपयुक्त भूमि का चयन करने के आदेश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्य और गौ सदन के निर्माण के लिए भूमि देने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अपने मवेशियों को बेसहारा न छोड़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा पश्पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि देसी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन देने वाले संगठनों और संस्थानों को सरकार हर संभव सहायता देगी उन्होंने कहा कि गौ सदनों के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी

सुरेश भारद्वाज ने रोहडू प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करने पर उनका आभार जताया है उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास कार्य पूरे होने से क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है

लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ठाकर ने संयुक्त रूप से सिरमौर जिला के धौलाकुआ पांवटा में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के द्वितीय खण्ड का आज लोकार्पण किया इस मौके उद्योग मंत्री ने कहा कि संस्थान में आगामी शैक्षणिक सत्र से ऑटोमोबाईल और इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी

विक्रम ठाकर ने कहा कि बंद पड़ी चूने की खानों को खोलने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है जिसके जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे

श्रोता इस बातचीत को आकाशवाणी के एफएम चैनल पर सुन सकते हैं केन्द्रीय टीम भारी बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में आज बिलासपुर जिला के प्रभावित स्थलों का दौरा किया टीम ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की

उधर चम्बा जिला में भी आज केन्द्रीय समिति ने बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया समिति की अध्यक्ष व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉक्टर सूपर्णा एस पचौरी ने चम्बा में एक बैठक में अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट तुरंत केन्द्र सरकार को भेजने की हिदायत दी ताकि राहत कार्यों के लिए बजट जारी किया जा सके

सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जो कमियां हैं उन्हें तुरन्त दूर करें ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के मामले पर वे केन्द्र सरकार से बात करेंगे ताकि इसके लिए अधिक से अधिक बजट का प्रावधान हो सके

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बघाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश संविधान सभा की महान विभतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित मुल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है इस बीच लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम अमर नेगी ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संविधान के तहत कार्य करने की अपील की

पांच मृतकों का अंतिम संस्कार आज गिरी नदी के तट पर गमगीन माहौल में किया गया

उधर सरकार ने दूर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं जांच का जिम्मा एसडीएम नाहन को सौंपा गया है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा आज आयुष्मान भारत योजना का जायजा लेने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी पहुंचे उन्होंने मरीजों से योजना के बारे में जानकारी जूटाई मरीजों ने सांसद के समक्ष कहा कि योजना के तहत उन्हें अस्पताल से सभी दवाईयां व अन्य स्वास्थ्य सुविधाए मिल रही हैं जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं

उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि पात्र लोगों के गोल्डन कार्ड बनावकर उन्हें यथासंभव लाभ प्रदान किए जाएं शांताकुमार लोकसभा सांसद शांताकुमार ने आज चंबा ज़िले के सलूणी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए इन योजनाओं को लोगों के लिए वरदान बताया

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि चुनाव जीतना या हारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कुछ लोग चुनाव जीतकर भी घर बैठ जाते हैं और कुछ लोग हारकर भी जनता के बीच ही रहते हैं